मैट्रिक की परीक्षा में उनहत्तर प्रतिशत परीक्षार्थी सफल

प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपातकाल के तैंतालीस वर्ष होने पर काला दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य कांग्रेस की आलोचना करना नहीं है बल्कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना है श्री मोदी आज मुम्बई में उन्नीस सौ पचहत्तर में एमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों को दी जाने वाली एक श्रद्वांजलि सभा में बोल रहे थे

हम स्वयं को भी प्रति पल संविधान के प्रति समर्पण लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता हर पल अपने आपको को सजग रखने के लिए भी इसका स्मरण करते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग संविधान बचाने की बात करते हैं उन्होंने केवल एक परिवार को बचाने के लिए देश को जेल में तबदील कर दिया और सभी बड़े नेताओं को बंद कर दिया चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और ईवीएम की कांग्रेस द्वारा आलोचना किए जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की चार सौ सीटों से केवल चौवालीस सीटों पर रह गई है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भावी पीढ़ी को आपातकाल के संघर्ष की जानकारी देने के लिये इसे पाठयक्रम में जोड़ा जायेगा जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुये श्री जावड़ेकर ने आपातकाल को देश के लोकतंत्र का काला अध्याय बताया और कहा कि लोकतंत्र में नई पीढ़ी का विश्वास पैदा करने के लिये इसे स्कूली और कॉलेज के पाठयक्रमों में शामिल किया जायगा इसके लिये शिक्षा विदों से बातचीत कर शीघ्र ही नीति बनायी जायगी देश में लागू आपातकाल की तैंतालीसवीं बरसी पर देश भर में भाजना ने काला दिवस मनाया इस उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि आपातकाल के समय कुछ लोगों ने देश को फिर से तानाशाही और गुलामी का शिकार बनाने की कोशिश की थी उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए और नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए आपातकाल का विरोध जरूरी है श्री प्रधान ने पटना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के छात्र नेतृत्व में शुरू से ही देश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में अब प्रतिवर्ष बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से छात्र संघ के चूनाव आयोजित होंगे श्री मोदी ने कहा कि छात्र नेता केवल राजनीति में आने और एमएलए एपी बनने की बात नहीं सोचे सभी क्षेत्रों में नेतृत्व की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि देश दुनिया के बड़े राजनीतिक परिवर्तन में छात्र व छात्र आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज कहा कि एक जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और कमी आयेगी श्री प्रधान ने पटना में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कोशिशों की वजह से तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कच्चा तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है जिसके सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए दी जाने वाली डीजल अनुदान की राशि प्रति लीटर पैंतीस रूपये से बढ़ाकर सैंतीस रूपये कर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी राज्य सरकार ने डीजल अनुदान की साठ करोड़ और आकस्मिक फसल योजना के लिए पन्द्रह करोड़ की राशि आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी कटिहार जिले में बाढ और नदी कटाव से बचाव और इसके प्राक्कलन राशि में गडबडी के मामले में जिले के जल संसाधन विभाग के बीस अभियंताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है इस संबंध में कटिहार सहायक थाने में एक मुख्य अभियंता पांच कार्यपालक अभियंता पांच सहायक अभियंता और नौ कनीय अभियंताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है

आज मादक पदार्थों और उनकी अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया पटना में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून का सामाजिक स्तर पर अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है श्री कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून के कुछ प्रावधानों को संशोधित भी किया जायेगा इसके लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में विधेयक लाया जायेगा मैट्रिक की परीक्षा में इस वर्ष उनहत्तर प्रतिशत परीक्षार्थी सफल हुए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज घोषित परीक्षा परिणाम में इस बार पहले दूसरे और तीसरे स्थानों पर राज्य टॉपर बालिकाएं रहीं हैं

सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्राओं ने शीर्ष तीनों स्थान पर कब्जा जमाया विद्यालय की छात्रा प्रेरणा राज ने इक्यानवे प्रतिशत अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया वहीं प्रज्ञा और शिखा कुमारी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं अन्नू प्रिया कुमारी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है इस बार की परीक्षा में टॉप टेन तेईस परीक्षार्थियों में से सोलह सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र हैं पिछली बार की तुलना में इस बार उन्नीस प्रतिशत अधिक परीक्षार्थी सफल हुए हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं किरण कुमारी शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले टॉपर परीक्षार्थियों को बिहार बोर्ड द्वारा सम्मानित किया जायेगा शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद कहा कि राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं की पढ़ाई को बढ़ावा देने का परिणाम है कि शीर्ष स्थान पर लड़कियों ने बाजी मारी है बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि जो परीक्षार्थी अपने अंकों से ख्रश नहीं हैं वे अठाईस जून से स्क्रूटनी और पूरक परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं मॉनसून के आगमन के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गयी किशनगंज और मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर सात से लेकर आठ सेंटीमीटर तक बारिश हुई सबसे अधिक आठ सेंटीमीटर बारिश किशनगंज के गलगलिया में जबकि सात सेंटीमीटर वर्षा मध्रबनी के फुलपरास में हुई है मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मानसून राज्य के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो गया है पटना सारण जहानाबाद गया नालंदा सीतामढ़ी कैमूर औरंगाबाद रोहतास नवादा सुपौल कटिहार जमूई पूर्णिया और अररिया जिले में कई स्थानों पर दो सेंटीमीटर से लेकर पांच सेंटीमीटर तक बारिश हुई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि उनतीस जून तक प्रदेशभर में अच्छी बारिश होगी कल कुछ स्थानों पर भारी बारिश और तेज हवा चलने की आशंका है कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गयी है सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने कहा है कि सड़क हादसों के दौरान घायल होने वाले लोगों की मदद करने वालों को पुरस्कृत किया जायेगा उन्होंने कहा कि जो लोग सड़क अतिक्रमण किये हुए हैं उन्हें एक साल की जेल या बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा भुगतनी होगी पूर्णिया जिले में अब तक बावन प्रतिशत घरों में शौचालय का निर्माण हो चूका है जिले को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए तेजी से शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है

वहीं दूसरे चरण में अठाई अगस्त से ग्यारह सितम्बर तक हज यात्रियों को जेद्दाह के लिए रवाना किया जयेगा समस्तीपूर जिले के मथुरापूर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेगमपूर गांव में एक ट्रैक्टर की चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गयी इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गये बक्सर जिले के नया भोजपुर थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर विक्रमगंज मुख्य मार्ग पर मिशन अस्पताल के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और अब अंत में मुख्य समाचार भाजपा ने आपातकाल के तैंतालीस वर्ष प्रे होने पर काला दिवस मनाया

मैट्रिक की परीक्षा में उनहत्तर प्रतिशत परीक्षार्थी सफल